बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे हो रहा है सुधार

पश्चिम बंगाल के फरक्का बराज के कई गेट खोले जाने के बाद आज सुबह से गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट आने लगी है जल संसाधन विभाग ने उम्मीद जतायी है कि जल्द ही बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में आ जायेगी केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बक्सर पटना और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है जबकि भागलपुर में जलस्तर स्थिर बना हुआ है कल देर शाम नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट पर लाल निशान से एक सौ अठारह सेंटी मीटर दीघा घाट पर उनचास सेंटी मीटर और हाथीदह में छियानवे सेंटी मीटर ऊपर था इधर पुनपुन नदी का पानी बढ़ने से महुली पंचायत के मिर्जापुर गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है सैंकड़ों एकड़ जमीन में लगी धान की फसल नष्ट हो गयी है और आवागमन भी प्रभावित हुआ है मुंगेर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण जमालपुर और मुंगेर प्रखंड की आठ पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर में बाढ़ प्रभावित सिमरी और ब्रह्मपुर के कई इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को बाढ़ राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये दूसरी तरफ उत्तर बिहार में भी अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है कटिहार में महानंदा नदी को छोड़कर गंगा समेत चार नदियां लाल निशान से ऊपर हैं बेगूसराय जिले की कई पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है खगड़िया की शहरी इलाकों में ब्रूढ़ी गंडक नदी का पानी दो वार्ड के डेढ़ सौ से अधिक घरों में प्रवेश कर गया है इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं जिले के गोगरी परबत्ता मानसी और खगड़िया के बाईस पंचायतों के छप्पन गांव बाढ़ से प्रभावित हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए शिविर स्थापित किये गये हैं केन्द्रीय ग्रहमंत्री अमित शाह ने बहुउद्देश्यीय पहचान पत्र का सुझाव दिया है उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें किसी भी नागरिक का पूरा डाटा एक ही कार्ड में उपलब्ध हो

ये सारी चीजों को एक ही जगह पर लाने के लिए ये डिजिटल जनगणना आने वाले दिनों में बेस बनने वाली है राज्य में मेडिकल शिक्षा के लिए एक अलग स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के एक वर्ष प्रा होने पर पटना में आयोजित समारोह में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि राज्य में ग्यारह नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है बैंककर्मियों की इस महीने की छब्बीस और सत्ताईस तारीख की प्रस्तावित हड़ताल स्थगित हो गयी है बैंक ट्रेड यूनियनों की केन्द्रीय वित्त सचिव के साथ हुई बैठक में यह फैसला किया गया बैंक यूनियनों ने दस बैंकों के विलय के विरोध सहित अपनी अन्य मांगों के समर्थन में हड़ताल पर जाने का फैसला किया था दुर्गा पूजा को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी पुलिसकर्मियों की एक से बारह अक्टूबर तक के बीच की सभी छुट्टियां रद्द कर दी है पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में सिपाही से लेकर वरीय अधिकारी तक को सामान्य अवकाश नहीं मिलेगा सात साल से कम के सेवा काल में सरकारी कर्मी की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्य को अब बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी केन्द्र सरकार ने इस संबंध में पेंशन नियमों में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है राज्य सरकार निजी चिकित्सकों के पास टीबी का इलाज कराने वाले मरीजों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाने वाले डॉक्टरों और कम्पाउंडरों को एक हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि देगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना में टीबी के उन्मूलन पर आयोजित एक कार्यशाला में यह घोषणा की उन्होंने कहा कि सरकार टीबी के मरीजों को इलाज की अवधि तक पांच सौ रूपये प्रतिमाह पोषण के लिए दे रही है प्रदेश में जलवायु के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए मध्यबनी खगड़िया बांका भागलपुर मुंगेर नवादा गया और नालंदा जिलों के चालीस गांवों का चयन किया गया है चयनित गांवों में फसल चक्र में उन फसलों को लगाया जायेगा जिसके लिए किसानों की वर्षा पर अधिक निर्भरता नहीं हो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब तक बारह हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने विभागीय समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी गया में चल रहे पितृपक्ष मेले के दौरान पुलवामा में शहीद सीआरपीएफ के जवानों मुजफ्फरपुर में एईएस से मरने वाले बच्चों और सूरत में अग्नि दुर्घटना में मारे गये बच्चों की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक पिंड दान और तर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया हमारे संवाददाता ने बताया कि देश में विभिन्न बड़े हादसों में मारे गये लोगों की आत्मा की शांति के लिए एक चैरिटी ट्रस्ट द्वारा सामूहिक पिंड दान और तर्पण किये गये दिल्ली मुम्बई बंगलुरू और नोएडा में हजारों लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग तीन सौ पचास करोड़ रूपये ठगी करने के आरोपित आबसार कादिरी के परिजनों से नोएडा पुलिस ने पटना स्थित फुलवारीशरीफ आवास पर लंबी पूछताछ की है द्रदर्शन और प्रधानमंत्री जन धन योजना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के नोएडा से बिहार के दो ठगों को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार रोहित मिश्र सिवान और आसित सिंह मुंगेर का रहने वाला है मुंगेर जिले के लरैयाटांड थाना क्षेत्र के जंगल से पुलिस ने हथियार आपूर्तिकर्त्ता गिरोह के चार सदस्यों को भारी मात्रा में कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है हाजीपुर रेलवे स्टेशन से आरपीएफ और डीआरआई की टीम ने अवध असम एक्सप्रेस से बीस लाख रूपये मूल्य की विदेशी सिगरेट जब्त की है सारण जिले के पानापुर की पर्वतारोही सविता महतो ने उत्तराखंड के कुमाऊं में सात हजार एक सौ बीस मीटर ऊंचे त्रिशुल पर्वत पर फतह हासिल की है सविता ने चौबीस दिनों में चढ़ाई पूरी की वहीं औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के तेलडीहा गांव की रहने वाली सौम्या सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया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

हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन पर दिये गये संबोधन को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है धरती की सेहत पर अब बात नहीं काम करने का वक्त दैनिक जागरण लिखता है जम्मू कश्मीर के बंद पडे पचास हजार मंदिरों में गूंजेगी शंख ध्वनि प्रभात खबर की सुर्खी है प्रदेश में अभी और रुलायेगा प्याज दशहरा बाद खत्म होगा संकट दैनिक भास्कर ने लिखा है पटना में अगर किरायेदार रखे हैं तो लगेगा कमर्शियल टैक्स राष्ट्रीय सहारा लिखता है तिहाड़ में चिदम्बरम से मिले सोनिया और मनमोहन दैनिक आज की सुर्खी है कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से शेयर बाजार गुलजार

बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे हो रहा है सुधार